प्रधानमंत्री ने इस बीमारी से निपटने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के केन्द्रीय आवंटन की घोषणा की पूर्ण बंदी के दौरान जरूरी सेवाएं दवा किराना और दूध की दुकानें बैंक पेट्रोल पंप तथा ऑनलाइन खरीदारी को छूट देषव्यापी लॉकडाउन का सभी जिलों में सख्ती से कराया जा रहा अनुपालन प्रषासन ने अपने अपने जिलों की सीमाएं सील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव संवत्सर विक्रम संवत दो हजार सतहत्तर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी

इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की दुकानों पेट्रोल पम्प किराना दूध जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन की घोषणा की है राष्ट्र को दूसरी बार संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को और प्रत्येक भारतीय नागरिक को बचाने के लिए उनके घरों से बाहर निकलने पर पूरा प्रतिबंध रहेगा श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन प्रत्येक राज्य केन्द्र शासित प्रदेश प्रत्येक गांव मोहल्ला और सड़कों पर लागू हो रहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह और जनता कर्फ्यू से अधिक कड़ा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम इक्कीस दिनो में स्थिति को अच्छी तरह संभाल नहीं पाते हैं तो हमारा देश और आपका परिवार इक्कीस वर्ष पीछे चला जायेगा प्रधानमंत्री ने माना कि इस निर्णय से आर्थिक कीमत च्कानी पड़ेगी लेकिन कहा कि लोगों का जीवन बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है श्री मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों और इस जानलेवा वायरस से लड़ने वाले देशों के अनुभव से पता चल गया है कि इस रोग का मुकाबला सामाजिक दूरी बनाकर ही किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है इस पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं

निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य और केन्द्रशासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन दवा की दुकानें खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेगी इसके अलावा बैंक बीमा कार्यालय एटीएम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेगे अस्पताल और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उत्पादन सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान की सुविधाएं जारी रहेंगी पेट्रोल पम्प एलपीजी पेट्रोलियम और गैस रिटेल आउटलेट भी खुले रहेंगे सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और कोई धार्मिक समागम करने की अनुमति नहीं होगी

रक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ट्रेजरी पेट्रोलियम सीएनजी एलपीजी पीएनजी सहित सार्वजनिक उपयोग के स्थान आपदा प्रबंधन विद्युत चेतावनी एजेंसियां राज्य पुलिस होम गार्ड अग्निशमन और आपात सेवाएं जिला प्रशासन और ट्रेजरी बिजली पानी सफाई और नगर निगम निकायों को लॉकडाउन से छट दी गई है

इनमें चार सौ छिहत्तर भारतीय और तैंतालिस विदेशी नागरिक हैं दिल्ली में एक और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही देश में कोरोना वॉयरस से मरने वालों की संख्या दस हो गई है चालीस रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई है

जिलों की सीमाएं सील कर दी गयी है ऐसे में आवष्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेष की अनुमति दी जा रही है राजधानी रांची में पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है बोकारो जिले में पुलिस ने जिले के शहरी क्षेत्रों में सड़कों को बैरियर लगाकर बंद कर दिया है शहरी और व्यवसायिक क्षेत्रों में सड़क पर बेवजह निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है चास एसडीपीओ ने कहा कि कुछ युवा बेवजह सड़क पर देखे जा रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है एक दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है चतरा जिले में लॉक डाउन पूरी तरह सफल दिख रहा है प्रशासन बेवजह घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहा है

इधर सदर थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय अपनी टीम के साथ लोगों को घर पर रहने की अपील कर रहे हैं देशव्यापी लॉक डाउन के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिले में इसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता सुनिश्चित कराने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने चाईबासा और चक्रधरपुर के व्यापारियों दुकानदारों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिला मुख्यालय चाईबासा में प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है जिले को लॉक डाउन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पॉइंट्स बनाकर आवाजाही पूर्णता रोक दी उधर उप राजधानी दुमका में लॉकडाउन का लोग पूरी तरह पालन कर रहे हैं खाद्य सामाग्रियों की खरीद के लिए प्रषासन द्वारा तय की गयी समय सीमा का पालन किया जा रहा है उपायुक्त राजेष्वरी बी ने आवध्यक चीजों की खरीदारी के लिए दिनभर दुकानें खुली रखने पर पाबंदी लगा दी है वहीं दोगुने मूल्य पर बेच रहे आलू प्याज के एक खुदरा विक्रेता को गिरफ़तार कर जेल भेज दिया है

उन्होंने राज्य के बाहर फंसे लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि जो जहां है वे वहीं रहें और अनावष्यक रूप से आवाजाही न करें

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए खूंटी जिले के जरूरतमंद और असहाय लाभुकों के लिए आपातकालीन व्यवस्था की गई है जिले में कोई भी भूखा ना रहे इसलिए सभी राशन कार्डधारियों को राशन दुकान से खाद्यान प्राप्त होगा

उन्होंने कहा कि ऐसे में इन त्योहारों का परंपरागत उत्साह भले ही दिखाई न दें लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के संकल्प को मजबूती जरूर मिलेगी

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विट कर भारतीय नववर्ष विक्रम संवत दो हजार सतहत्तर और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में आप घर पर ही रहें